श्री शाह ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने और स्थिति से निपटने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने का आग्रह किया है उन्होंने अफवाहों से दूर रहने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की गृहमंत्री ने मीडिया से भी जिम्मेदारी के साथ रिर्पोटिंग करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन कर रहे दो गुटो में पथराव के बाद दिल्ली के कुछ इलाको में हिंसा फैली थी सीएम कोदो कुटकी मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कोदो कुटकी के उत्पादन को दोगुना करने और इसके उपार्जन के साथ ही उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने को कहा है कल भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के होटलों में कोदो कुटकी से बने व्यंजनों को मेन्यू में शामिल करने तथा उनके बिक्री केन्द्र भी अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोदो क्टकी ज्वार बाजरा और मक्का ऐसी फसले हैं जो ज्यादातर आदिवासी इलाकों में होती हैं और जिसका जरूरत के मुताबिक आदिवासी उत्पादन करते हैं उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी के उपार्जन की भी नीति बनाई जाए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी प्रीमियम फसल हैं जो स्वास्थ्यवर्धक है इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी माँग है

पिछले वर्ष आज ही के दिन वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किये थे इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक वरिष्ठ कमांडो और प्रशिक्षण ले रहे जहादी समूह मारे गये थे खंडवा अशोकनगर और जबलपुर के पूर्व सैनिकों ने इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद इस तरह का करारा जवाब जरूरी था

किसान सम्मेलन प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने आगरमालवा जिले में संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाये जाने की घोषणा की है कल आगर में आयोजित किसान सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि इससे किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे प्रभारी मंत्री ने कहा कि आगरमालवा प्रदेश का पहला जिला बनेगा जहां सभी गांवों के नागरिकों को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिलेगा

सम्मेलन में कृषि मंत्री सचिन यादव भी शामिल हुए जीआईएस स्टेशन मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहरों में विद्युत वितरण व्यवस्था को आध्निक बनाने के लिए छह नए जीआईएस सब स्टेशनों का निर्माण करेगा

कई जिलों में बारिश ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में ठंडक घुल गई है

बारिश और ओलो से कई जिलों में फसलों के प्रभावित होने के समाचार भी मिले हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल चंदेरी विधायक ने कलेक्टर के साथ ईसागढ़ तहसील के प्रभावित गॉवों का दौरा किया वहीं शिवपुरी में सांसद केपी यादव और कोलारस विधायक ने प्रभावित गॉवों का दौरा कर मदद का भरोसा दिलाया उधर मंडला कलेक्टर ने भी फसलों के नुकसान का जायजा लिया मौसम विभाग के अनुसार आज सिंगरौली शहडोल अनूपपुर डिंडोरी मंडला और बालाघाट जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है शेष जिलों के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा